रेलवे ने कहा है कि इन रेलगांडियों में वातान्कुलित और गैर वातानुकुलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित होंगी सामान्य बोगियो में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होंगी

रेल मंत्रालय के अन्सार ये रेलगाडियां पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष वातानुकलित रेलगाडियों के अलावा हैं मंत्रालय ने कहा कि सभी मेल एक्सप्रैस और पैसेंजर रेलगांडियां तथा उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द रहेंगी

वहीं मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकंडरी के शेष विषयों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है

स्वस्थ होने की दर चालीस दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है

पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज स्व श्री राजीव गांधी की प्ण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर प्ष्प अर्पित कर श्रधांजलि अर्पित की इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्रेश पचौरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा गोविंद गोयल उपस्थित थे

यह और कमजोर पड़ गया है